सभी पार्टियों ने हमले की भर्त्सना की इस हमले में सीआरपीएफ के चालीस जवान शहीद हो गए थे सभी दलों ने आतंकवाद के सभी रुपों और प्रकारों तथा आतंकियों को सीमापार से मिल रहे समर्थन की कड़ी भर्त्सना की प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत में सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश ने इस चुनौती से निपटने में दृढ़ता का परिचय दिया है बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया सभी पार्टियों ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सरकार का समर्थन किया है पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को देश नम आखों से विदाई दे रहा है आम लोगों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के लोग देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं शहीद जवानों के पार्थिव शरीरों को उनके पैतृक स्थानों पर ले जाया जाया गया जहाँ राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया इधर पुलवामा घटना के विरोध में आज ईटानगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले सैंकड़ों युवाओं ने कैंडल लाईट मार्च निकाला उन्होंने इस संकट की घड़ी में देशवासियों के साथ एकजूटता प्रदर्शित करते हुए आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की इस अवसर पर शहीदों को श्रद्वांजलि दी गई आज पासीघाट में सीआरपीएफ के शहीदों के सम्मान में एक कैंडल लाईट मार्च निकाला गया बड़ी संख्या में इसमें शामिल सभी वर्ग के लोगों ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने आज तवांग जिले के जांग में तीन दिवसीय सदभावना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया सेना और नागरिकों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजु विधायक शेरिंग ताशी फुरपा शेरिंग जांबे ताशी और आर्मी ब्रिगेड के कमांडर्स उपस्थित थे मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अरुणाचल राईजिंग कैंपेन का भी शुभारंभ किया उन्होंने उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किया मुख्यमंत्री ने जांग सब डिविजन के पचास आंगनवाड़ी कर्मियों को रेडियों सेट वितरित किया उन्होंने खेत विलेज के लाभार्थियों को भूमि का मुआवजा भी वितरित किया मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल तवांग में आयोजित एक कार्यक्रम में तवांग और दिरांग के लिए वाईफाई हॉटस्पॉट का शुभारंभ किया

इससे पहले मुख्यमंत्री पेमा खांडू तवांग बौद्ध मठ के नए मठाधीश ग्यांगब्रंग रिंपोचे के पदग्रहण समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए इस अवसर पर स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया गया मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तवांग बौद्ध मठ का महत्वपूर्ण योगदान है

निपको और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रंगानदी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित इस नदी के निचले इलाकों के लोगों के प्रति चिंतित हैं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस समस्या के चलते नदी में मछलियों और अन्य जीवों के मरने की रिपोर्ट को लेकर भी राज्य सरकार गंभीर हैं अरुणाचल प्रदेश के जोते में प्रस्तावित फिल्म टेलिविजन संस्थान के लिए निर्धारित जगह का आज कई गणमान्य लोगों ने दौरा किया इनमें अरुणाचल प्रदेश के सूचना और जनसंचार मंत्री बामंग फेलिक्स वन मंत्री नाबम रिबिया मुख्य सचिव सत्य गोपाल मुख्यमंत्री के सचिव सोनम चोंबे और सूचना एवं जनसंचार सचिव समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे इस उच्च स्तरीय दल ने संस्थान की स्थापना से जुड़े कार्यों और योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया वांचो जनजाति का मुख्य त्यौहार ओरिया आज राज्य भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईटानगर में आयोजित ओरिया उत्सव में स्थानीय विधायक तेची कासो और ईटानगर के उपायुक्त प्रिंस धवन सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया